द्रदर्शन समाचार के साथ मेंट में उन्होंने कहा कि देश को अब भी उन वस्त्ओं का आयात करना पड़ता है जो देश में उपयोग के लिए और निर्यात के लिए सामान बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से आर्थिक पैकेज तैयार किया है उससे उन लोगों को तत्काल सहायता मिलेगी जिन्हें अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है उन्होंने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को फायदा होगा महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था फिर शुरू करने के मुद्दे पर वित्तमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस आश्वासन के साथ सभी विकल्प खुले रखे हैं कि सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है उन्होंने फिर कहा कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से कारोबारियों के लिए व्यवसाय करना आसान हो जाएगा रिजर्व बैंक के हाल के फैसले के बारे में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये फैसले समय से हए हैं और मौजूदा भावनाओं से काफी अलग हैं इससे धन के प्रवाह को आसान बनाने में मदद मिलेगी वित्तमंत्री ने किसानों को बंघनों से मुक्त करने से संबंधित साहसिक फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि किसान अब स्वयं यह चयन कर सकते हैं कि उन्हें अपना उत्पाद किसे बेचना है गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में लोककल्याण हेतु रूद्राभिषेक किया उन्होंने कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की मुख्यमंत्री दो महीने के अंतराल के बाद कल शाम को गोरखप्र पहंचे थे उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से बचाव के उपायों पर चर्चा की और आवश्यक दिशानिर्देश दिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रवासी श्रमिकों की स्रक्षित वापसी के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाए उन्होंने अधिकारियों से नए राशन कार्डों की प्रगति के बारे में जानकारी ली और अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देने के संबंध में भी जरूरी दिशानिर्देश दिए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि देश में सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए हैं उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से अब तक राज्य में बीस लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक पहुंच चुके हैं श्री अवस्थी ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक एक हजार एक सौ निन्यानते रेलगाड़ियों की व्यवस्था की है जिनसे साढ़े सोलह लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को राज्य में लाया गया है श्री अवस्थी ने बताया कि गोरखपुर में अब तक एक सौ तिरपन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से एक लाख छियासी हजार से अधिक कामगारों को लाया गया है लखनऊ में छियासठ रेलगाड़ियों से चौरासी हजार से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं उन्होंने बताया कि जौनपुर में अब तक इकहत्तर वाराणसी में सत्तावन गोण्डा में चौवन बस्ती में पैंतालीस प्रयागराज में बयालीस और प्रतापगढ़ में इकतालीस ट्रेन प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहुंची हैं प्रदेश में लगभग पचासी प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों ने काम करना शुरू कर दिया है राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि इन इकाइयों में पर्याप्त दूरी बनाने के साथ उत्पादन शुरू हो गया है बाकी पन्द्रह प्रतिशत इकाइयों में शीघ्न काम काज शुरू हो जाएगा श्री महाना ने कहा कि अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों का वापस लौटना प्रदेश सरकार के पक्ष में गया है उन्होंने कहा कि अब राज्य के उद्योगों को ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं प्रदेश में साइकिल और ऑटो रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन करने वाली इकाइयों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहां दूसरे राज्यों में श्रमिकों की कमी से उत्पादन शुरू नहीं हो सका वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसी इकाइयों को बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं उन्हॉने कहा कि प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इक्कीस सुविघाओं को ऑनलाइन कर दिया है केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि करीब पांच महीने के अंतराल के बाद हनर हाट सितम्बर से फिर खुल जायेंगे उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के वजह से हुनर हाट बंद पडे थे और अब लोकल से ग्लोबल के नारे के साथ इन्हें फिर से खोला जायेगा और अधिक संख्या में हस्तशिल्पी तथा दस्तकार इनमें हिस्सा लेंगे श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट आम लोगों के सशक्तीकरण का माध्यम बन गये हैं और देश भर में पांच लाख से अधिक दस्तकारों हस्तशिल्पियों खानपान विशेषज्ञों और अन्य लोगों को पिछले पांच सालों में इनसे रोजगार मिला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल इक्यावन हजार सात सौ चौरासी लोग अब तक ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर इकतालिस दशमलव तीन नौ प्रतिशत पहुंच गयी है पिछले चौबीस घंटों में कोविड नाइन्टीन के छह हजार छः सौ चौवन नये मामले सामने आये हैं जिससे देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख पच्चीस हजार एक सौ एक हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कल एक दिन में एक सौ सैंतीस लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस महामारी से अब तक तीन हजार सात सौ बीस लोगों की मौत हुई है